राजगीर के विश्व शांति स्तूप का स्वर्ण जयंती आज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विश्व को शांति मैत्री और सौहार्द का संदेश देने वाले राजगीर के विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता

इस उपल्ह्य में विभिन्न देशों से आये बौद्व भिसू आज यहां विश्व शांति भाईचारा मानवता और करुणा के लिए मंत्रोच्चार करेंगे

वे फूजी गुरुजी के नाम से लोकप्रिय हैं

कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कूछ समय पास के गृद्धकूट पर्वत पर रहे थे और अपने शिष्यों को उपदेश दिया था धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार राजगीर राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राजगीर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों के लिये सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उम्रसीमा में दस वर्ष की छूट दी गयी है इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश निर्गत कर दिया गया है सरकार के इस फैसले के बाद समान्य वर्ग के सैंतालीस साल महिला पिछड़ा और अतिपिछड़ वर्ग के पचास साल तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बावन साल तक के अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया के लिये आवेदन कर सकेंगे राज्य सरकार ने साधारण धान का खरीद मूल्य अठारह सौ पंद्रह रूपये और ए ग्रेड धान का खरीद मूल्य अठारह सौ पैंतीस रूपये प्रति क्विंटल तय किया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है पंद्रह नवम्बर से अगले साल इकतीस जुलाई तक धान की खरीद की जायेगी इस बार राज्य में धान और चावल की खरीद के लिये राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है पटना हाईकोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग के नाम पर हो रही अनियमितता की जांच सीबीआई करेगी न्यायमूर्ति राकेश कुमार और अंजना शरण की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुये जांच एजेंसी को अगले वर्ष छह जनवरी तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को छह हजार रूपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी वहीं कैबिनेट ने बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को कृषि इनपुट मद से फसल क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला किया है साथ ही कृषि योजनाओं के लिये तेरह सौ उनचास करोड़ रूपये से अधिक की राशि को भी मंजूरी दी गयी है जैविक कॉरिडोर का बारह जिलों में विस्तार करने की योजना को भी राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी वहीं राज्य में बनने वाले पांच नये मेडिकल कॉलेजों के लिये दो हजार सात सौ पच्चीस पदों की भी मंजूरी दी गयी एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बीएलओ का पारिश्रमिक एक सितंबर से पांच हजार रूपये से बढ़ाकर छह हजार रूपये प्रति वर्ष कर दिया है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक दस करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ मिल चुका है पटना में अपने आवास पर योजना के लाभार्थियों के साथ मुलाकात के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि अब इस योजना के दायरे में लगभग पचास करोड़ लोग आ चुके हैं उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है आज धनतेरस है आज के दिन धन के देवता कुबेर मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुये थे

मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है धनतेरस को लेकर पटना सहित प्रदेशभर में द्कानों पर विशेष रौनक देखी जा रही है आभूषण के दुकान गाड़ियों के शोरूम और इलेक्ट्रोनिक्स तथा बर्तन की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है दीपावली और छठ को देखते हुये पटना और गया के बीच कल से दस नवंबर तक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रति दिन किया जायेगा वहीं आज आसनसोल से पटना के लिये विशेष ट्रेन का परिचालन किया गया है वापसी में यह ट्रेन कल आसनसोल के लिये रवाना होगी अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुयी है मौसम विभाग के अनुसार आज पटना बक्सर भोजपुर जहानाबाद जमुई नवादा लखीसराय औरंगाबाद सासाराम नालंदा और बांका जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना कल से मौसम साफ रहेगा राजधानी पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना के सरकारी अस्पतालों में एक सौ चौवालीस मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुयी है पीएमसीएच में चौरानवे और एनएमसीएच में पचास मरीजों में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है इसके अलावा अन्य निजी अस्पतालों में भी कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुयी है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने खबर दी है कि एसकेएमसीएच में सैंतीस मरीजों में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है अन्य जिलों में भी कई नये मामले प्रकाश में आये हैं सत्तरवीं नेशनल जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में पंजाब और बालिका वर्ग में केरल की टीम विजेता बनी है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेले गये फाइनल मुकाबले के बालक वर्ग में पंजाब ने राजस्थान को एक सौ पांच तेहत्तर और बालिका वर्ग में केरल ने छत्तीसगढ़ को सत्तर पचास से पराजित किया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी सलौना रेलवे ढाला के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से पांच लाख रूपये लूट लिये वहीं मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी नगर के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बैंक कर्मी से पांच लाख रूपये लूट लिये पटना के जेपी सेतु पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को बारह किलो वजन की चांदी की आठ ईंट के साथ गिरफ्तार किया सारण जिले मांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से तीस लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर से अपराधियों ने अष्टधातु की बनी भगवान कृष्ण की दो मूर्तियां चुरा ली चोरी गयी मूर्तियों की कीमत लाखों रूपये बतायी जाती है पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित एक दुकान में पुलिस ने छापेमारी कर रेलवे के पंद्रह ई टिकट के साथ दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है अखबारों की सुर्खियां अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम तथा बिहार में हुये उप चुनाव के परिणाम से जुड़ी खबरें सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है हरियाणा में भाजपा को झटका महाराष्ट्र में भी पिछली बार से कम हुयी सीटें प्रभात खबर की सुर्खी है उप चुनाव में एनडीए को झटका समस्तीपुर लोकसभा सीट पर लोजपा ने फिर जमाया कब्जा दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है उच चुनाव में कम सीटें मिलने पर भी आगे के इलेक्शन जीतते रहे हैं हम दैनिक भास्कर की सुर्खी है राष्ट्रपति कोविंद आज राजगीर में विश्व शांति स्तूप के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है राज्य में अब पेट्रोल व डीजल होंगे सस्ते दैनिक आज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे और अब अंत में मुख्य समाचार राजगीर के विश्व शांति स्तूप का स्वर्ण जयंती आज